राष्ट्रीय लोक प्रसारण दिवस आज प्रसार भारती के अध्यक्ष ए सूर्यप्रकाश ने लाखों श्रोताओं को दी शुभकामनाएं राज्य सरकार ने सिरमौर ज़िले के ददाहू में करोड़ों रूपए की विकास योजनाएं लोगों को कीं समर्पित

शिमला स्थित श्री गुरू सिंह सभा गुरूद्वारे में हुए राज्यस्तरीय समारोह में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने मत्था टेका राज्यपाल ने लोगों को गुरू पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि गुरू नानक देव जी की शिक्षा आज भी प्रासंगिक है मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कहा कि गुरू नानकदेव जी के जीवन से हमें अध्यात्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है और उन्होंने सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए भरसक प्रयास किया उन्होंने कहा कि गुरूजी ने दुनिया को एक ईश्वर और ईश्वर ही सत्य का संदेश दिया गुरूद्वारा सिंह सभा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष जसविंदर सिंह ने मुख्यमंत्री को सिरोपा भेंट किया जयराम ठाकुर ने लोगों से गुरू नानक देव जी की शिक्षाओं व सिद्धांतों पर चलने का आहवान किया

इस अवसर पर गुरूद्वारे में विशेष शबद कीर्तन कार्यक्रम का आयोजन किया गया और रागी जत्थों ने गुरबाणी से संगत को निहाल किया राज्य के अन्य स्थानों पर भी प्रकाश पर्व पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए और गुरूद्वारों को विशेष रूप से सजाया गया

उस दिन महात्मा गांधी ने विभाजन के बाद अस्थायी रूप से हरियाणा के कुरूक्षेत्र में ठहराए गए विस्थापितों को आकाशवाणी से संबोधित किया था इस अवसर पर आज आकाशवाणी के दिल्ली परिसर में एक समारोह का आयोजन किया गया प्रसार भारती के अध्यक्ष डॉक्टर ए सूर्यप्रकाश ने आकाशवाणी के लाखों श्रोताओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि इतिहास में ये दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी आकाशवाणी स्टूडियो आए थे आकाशवाणी ने अपने मूल मंत्र बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को बखूबी निभाया है महेन्द्र सिंह सिंचाई व जन स्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ने आज मण्डी ज़िले के धर्मपुर क्षेत्र में एक करोड़ रूपए की सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन किया

महेन्द्र सिंह ने इस सड़क पर बस सेवा को हरी झण्डी दिखाकर भी रवाना किया बाद में उन्होंने अनेक स्थानों पर जन सुनवाई की और अधिकारियों को लोगों की शिकायतों का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश दिए सिंचाई मंत्री ने कहा कि राज्य में जल जीवन मिशन के तहत तेज़ी से काम किया जा रहा है ताकि हर घर को पेयजल सुविधा दी जा सके

बिक्रम सिंह उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने आज कांगड़ा जिले के रक्कड़ में कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक के एटी एम का उद्घाटन किया उन्होंने कहा कि ये बैंक लोगों को बैंकिंग सुविधा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है बिक्रम ठाकुर ने कहा कि देश व प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को बैंकिंग सुविधा से जोड़ने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को जाता है उन्होंने इस मौके लोगों की शिकायतें भी सुनीं और अधिकांश का मौके पर निपटारा किया

मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने समापन अवसर पर देव विदायी शोभायात्रा में भाग लिया और भगवान परशुराम की पालकी को कंधा देकर विदा किया उन्होंने माता रेणुका व भगवान परशुराम मंदिर में पूजा अर्चना की मुख्यमंत्री ने कहा कि पहाड़ी संस्कृति को मजबूत करने में अंतर्राष्ट्रीय रेणुका मेला महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और ये मेला आज भी पारम्परिक रीति रिवाज़ से मनाया जाता है उन्होंने मेलों व त्योहारों को प्रदेश की संस्कृति का द्योतक बताया विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल सांसद सुरेश कश्यप व स्थानीय विधायक विनय कुमार भी इस मौके मौजूद रहे

उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों को स्वच्छ ईंधन प्रदान करने और उन्हें चुल्हे के धुएं से मुक्ति दिलाने के लिए राज्य सरकार ने गृहिणी सुविधा योजना शुरू की है उन्होंने कहा कि राज्य को धुआं मुक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है

स्वयं सेवकों ने प्रसिद्ध तारादेवी मंदिर प्रांगण उप स्वास्थ्य केन्द्र शोघी और अन्य मुख्य स्थानों पर प्लास्टिक कचरा एकत्र कर उसे नष्ट किया एनएसएस प्रभारी हरीश वर्मा ने बताया कि इस दौरान समाज के अनेक बुद्धिजीवियों ने स्कूली बच्चों और स्वयं सेवकों को स्वच्छता व अनुशासन का पाठ पढ़ाया उन्होंने कहा कि एनएसएस परेड पीटी व सांस्कृतिक कार्यक्रम शिविर का आकर्षण रहे मौसम राज्य के अधिकांश भागों में आज मौसम साफ रहा और हल्के बादलों के बीच धूप खिली रही हालांकि जनजातीय क्षेत्रों में पिछले तीन चार दिनों में हुए हिमपात से प्रदेशभर में सुबह शाम शीतलहर जारी है केलंग में आज न्यूनतम तापमान माइनस दो दशमलव दो और कल्पा में तीन दशमलव सात डिग्री सैल्सियस दर्ज किया गया